प्रभावित इलाकों में महामारी का खतरा मंडराया

बारिश थमने के बावजूद पड़ोसी राज्यों से पानी आने के कारण गंगा पुनपुन सहित राज्य की अधिकांश नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है इससे कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है पटना के धनरूआ में दरधा नदी का तटबंध ट्टने से उन्नीस पंचायतों में पानी फैल गया है फुलवारी शरीफ के बक्कुर में रिंगबांध टूट गया है इस बांध के मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी है श्रीपालपुर में पुनपुन नदी खतरे के निशान से लगभग तीन मीटर ऊपर बह रही है पटना के अधिकतर घाटों पर अब भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है पटना के दीघाघाट पर गंगा का जलस्तर ग्यारह सेंटीमीटर बढ़कर पचास दशमलव नौ शून्य मीटर पहुंच गया है वहीं गांधीघाट का जलस्तर इक्कीस सेंटीमीटर बढ़कर पचास सेंटीमीटर के करीब पहुंच गया है उत्तर बिहार में भी कई नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है मध्य प्रदेश से अनियंत्रित पानी छोड़े जाने के कारण इंद्रपुरी बराज पर सोन का जलस्तर तीन लाख इकतालीस हजार क्यूसेक को पार कर गया है राजधानी पटना का पूर्वी इलाका अभी भी जलजमाव से ग्रसित है राजेंद्रनगर कंकड़बाग कदमकुआं लोहानीपुर बहादुरपुर मलाही पकड़ी और पाटलीपुत्र सहित कई इलाकों में अभी भी चार से पांच फूट तक पानी जमा हुआ है जलजमाव वाले इलाकों में ठहरा पानी अब सड़ने लगा है पानी दूषित हो जाने से महामारी का खतरा बढ़ने लगा है इसीकी आशंका को देखते हुये सरकार ने सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द करते हये प्रभावित इलाकों में चूना और ब्लिचिंग पाउडर छिकड़ने के आदेश दिये हैं पानी निकालने के लिये छत्तीसगढ़ और झारखण्ड से बड़े पम्प मंगाये गये हैं इनमें एक पहाड़ी और दूसरे को योगीपुर में लगाया गया है इस बीच कंकड़बाग स्थित मलाही पकड़ी के एक पानी भरे घर में इनवर्टर में आये करंट की चपेट में आने से एक इंजीनियरिंग के छात्र की मौत हो गयी इधर प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का बचाव दल राहत कार्य में लगा है इसके साथ ही कई स्वयं सेवी संस्थायें और राजनीतिक संगठन की पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने में जूटे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जलजमाव वाले क्षेत्रों का देर शाम जायजा लिया साथ ही बांटे जाने वाली राहत सामग्रियों का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाके सैदपुर का भ्रमण किया और वहां स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायत सुनी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिये तत्काल कार्रवाई करने को कहा है संपूर्ण विश्व आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी एक सौ पचासवीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है देशभर में और विदेश में भारतीय मिशनों के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी स्मृति को नमन किया इस अवसर पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम भी जाएंगे जहां प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल से आश्रम को मुक्त बनाने के लिए प्लॉगिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्लॉगिंग की तरफ राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया था लोगों से हर दिन दो किलोमीटर चलने का अनुरोध किया

इधर राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शास्त्री जी दृढ़ संकल्प और सरलता के पर्याय थे गांधी जयंती के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे बापू की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर आज शाम पटना के ज्ञान भवन में गांधी विचार समागम और जल जीवन हरियाली अभियान का मूख्यमंत्री श्रभारंभ करेंगे अभियान के तहत भूगर्भ जल के संरक्षण के लिये तीन साल में चौबीस हजार करोड़ रूपये खर्च होंगे गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जेलों में वर्षों से सजा काट रहे अठासी कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है गृह कारा विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चौदह वर्षों का वास्तविक कैद अवधि और परिहार सहित बीस वर्षों की सजा काट चूके कैदियों को हाई कोर्ट के निर्देश पर रिहा करने का निर्देश जारी किया गया है उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का करने के अपने पुराने फैसले के तहत दिये निर्देश वापस ले लिये हैं अब इस कानून के तहत मामला दर्ज होने पर पहले की ही तरह तुरंत गिरफ्तारी होगी प्रदेश में होने वाली सरकारी निय्रक्तियों में मुक्त विद्यालयों के डिग्रियों की मान्यता बहाल की गयी है इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से संकल्प जारी किया गया है इसके अंतर्गत अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के शैक्षिक संस्थान और बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों के मुक्त विद्यालयों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले आवेदकों की डिग्रियां मान्य होगी शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है सुबह से ही घरों मंदिरों और पूजा पंडालों में देवी के गीत और श्लोक गूंजने लगे हैं मान्यता है कि मां कूष्मांडा की पूजा से सुख यश प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होती है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उपभोक्ताओं की शिकायत साठ दिन के भीतर दूर की जायेगी नई दिल्ली में श्री पासवान ने कहा कि उपभोक्ताओं के शिकायतों को दर्ज करने के लिये एक मोबाईल एप्प शुरू किया गया है अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सामान्य शिकायतों का निपटारा पंद्रह दिन में जबकि मुश्किल किस्म के शिकायतों का निपटान साठ दिनों में किया जायेगा राज्य सरकार ने नई न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है श्रम संसाधन विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार एक अक्टूबर से लागू मजदूरी दर में नौ रूपये से चौदह रूपये तक की वृद्धि की गयी है अब तक अकुशल मजदूरों के लिये दो सौ अड़सठ रूपये रोजाना तय थी इसमें नौ रूपये की वृद्धि कर दो सौ सतहत्तर रूपये कर दिया गया है विभागीय अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी ने न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान नहीं किया तो दोषी को एक साल की सजा और तीन हजार तक को जुर्माना की सजा हो सकती है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सभी बैंकों को निर्देशित किया है कि वेतन पुनरीक्षण में हो रहे विलंब के कारण एक महीने के मूल वेतन और मंहगाई भत्ते के बराबर वेतन कर्मियों को दें बैंककर्मियों को वेतन पुनरीक्षण में विलंब के एवज में एक महीने का अग्रिम वेतन मिलेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बिहार बोर्ड डॉट ऑनलाइन से एडमिट कार्ड कल से सोलह अक्टूबर तक डाउनलोड कर सकते हैं पंद्रह से उन्नीस अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में भाग लेनी वाली बिहार टीम का प्रशिक्षण शिविर नौ से बारह अक्टूबर तक बेगूसराय में आयोजित किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पटना में जल जमाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है जलजमाव के कारण लोग घर छोड़ भागे मलाही पकड़ी में करंट से छात्र की मौत प्रभात खबर लिखता है जलजमाव बना आफत राहत तेज मुख्यमंत्री ने जलजमाव का लिया जायजा आज अखबार की सुर्खी है बारिश से राहत नदियां उफान पर पुनपुन का रिंगबांध दो स्थानों पर टूटा दैनिक जागरण का शीर्षक है राजधानी में छत्तीस घंटे में डेढ़ फीट निकला पानी उफान पर पुनपुन और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति हुयी गंभीर

प्रभावित इलाकों में महामारी का खतरा मंडराया